प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में आज नई दिल्ली में हुई केन्द्रीय मंत्रिमण्डल की बैठक में इस बारे में फैसला लिया गया सूचना और प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने बैठक के बाद बताया कि इस विधेयक में देश हित को सर्वोपरि रखा गया है इसे जल्द संसद में पेश किया जाएगा मंत्रिमण्डल ने लोकसभा और राज्य विधानसभाओं में अनुसूचित जातियों और जनजातियों के प्रतिनिधित्व को आरक्षण देने वाली व्यवस्था को और दस वर्ष के लिए बढ़ाए जाने को भी मंजूरी दे दी है

लोकसभा में एक प्रश्न के उत्तर में उन्होंने कहा कि कर्मचारियों के हितों की सुरक्षा और इस उद्यम को लाभकारी बनाने के सभी प्रयास किये गए हैं

गृहमंत्री ने कहा कि केन्द्र सरकार ने भीड़ हिंसा पर रोक लगाने के लिए मुख्यमंत्रियों राज्यपालों और प्रशासनिक अधिकारियों से सुझाव मांगे हैं उन्होंने कहा कि सुझावों पर गौर करने के लिए एक समिति गठित की जायेगी और संबंधित कानून में संशोधन के लिए आवश्यक कार्रवाई की जायेगी

श्री गहलोत आज प्रकाश पर्व को सिलसिले में मुख्यमंत्री आवास में आयोजित शबंद कीर्तन कार्यक्रम को संबोधित कर रहे थे

श्री गहलोत ने कहा कि गुरूनानक देव की शिक्षा पांच शताब्दी बाद आज भी प्रासंगिक है और वे महिला सशक्तिकरण के प्रबल समर्थक थे

मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश में प्रतियोगी परीक्षाओं में बैठने वाले सिख समाज के अम्यर्थियों को कड़ा और कुपाल धारण करने की छट होगी

मेडिकल कॉलेज से सम्बद्ध अस्पतालों में मरीजों की लम्बी कतारें देखी गई वहीं कई आपरेशन भी टालने पड़े राज्य सरकार और रेजीडेंट डॉक्टरों के बीच अब तक हुई वार्ता में हड़ताल खत्म करने को लेकर कोई सहमति नहीं बन पायी चिकित्सा और स्वास्थ्य मंत्री रघ् शर्मा ने आज पत्रकारों को बताया कि अस्पतालो में वैकल्पिक प्रबंध किए गए हैं ताकि मरीजों को किसी प्रकार की परेशानी न हों उन्होंने रेजीडेंट डॉक्टरों से हड़ताल समाप्त कर काम पर लौटने का आहवान किया साथ ही कहा कि यदि जरूरत हुई तो सरकार सख्ती करने से भी नहीं हिचकेगी

दक्षिण कमान के कमांडर लेफिटनेंट जनरल एस के सैनी ने अभ्यास की समीक्षा की सुदर्शन चक कॉर्प के कमांडर लेफिटनेंट जनरल योगेन्द्र धिमरी ने उन्हें अभ्यास के बारे में जानकारी दी सेना के प्रवक्ता कर्नल सोंबित घोष ने बताया कि अभ्यास में पश्चिमी मोर्चे पर सेना की संचालन योजनाओं को आगे बढाने के लिए महत्वपूर्ण अवधारणाओं को मान्यता दी गई